मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने आज दिल्ली में कषि मंत्री से मुलाकात कर नये कृषि कानूनों के समर्थन में ज्ञापन दिया कृषि मंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहाँ कि देशभर से आये किसान संगठनों ने कहा कि ये बिल किसी भी कीमत पर वापिस नहीं लिया जाना चाहिए

आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार ने समर्थन मृल्य लागत का डेढ गुना कर दिया है उन्होंने जोर देकर कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीद आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी इस पर किसी प्रकार की शंका नहीं होना चाहिए श्री सिंह ने किसान आंदोलन पर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के रवैये की निंदा की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल की नाराजगी पर कहा कि अगर उन्हें कोई भ्रांति है तो उसे बातचीत से दूर किया जायेगा इधर बूंदी और टोंक में किसानों ने कृषि कानूनों के संबंध में ज्ञापन सौंपा

इसमें वित्त सचिव आर्थिक कार्य विभाग के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया हमारे पिछले कई वर्षों से वित्त मंत्रालय वार्षिक बजट संसद में पेश करने से पहले उद्योग और वाणिज्य संघों व्यापारिक तथा निर्यात संगठनों के साथ विचार विमर्श कर उनकी सलाह लेता रहा है

इसमें तीन स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को आयुष्मान भारत के साथ जोड़ कर जन स्वास्थ्य निगरानी को लेकर भारत की परिकल्पना को प्रस्तुत किया गया है

जिसे जयपुर मण्डल की प्रबंधक मंजूषा जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

अब जयपुर जंक्शन से अधिकतर रेल इलैक्ट्रिक इंजन से संचालित होगी इससे रेलों की गति भी बढ़ेगी साथ ही प्रदूषण भी कम होगा

आयोग के संचिव बीएल मीणा ने कोटा के संभागीय आयुक्त के सी मीणा से मुलाकात कर घटना की विस्तृत जानकारी ली इसके बाद दल ने अस्पताल का दौरा किया निरीक्षण के बाद टीम ने चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की

देश में अब तक लगभग साढ़े पन्द्रह करोड़ नमूनों की जांच की जा चुकी है

कोरोना से बचाव के संबंध में जानकारी देते हुए पारम्परिक हस्तकला की मशहूर डिजाइनर बाड़मेर की रूमा देवी ने कोविड दौर में पूरी सावधानी बरतने की अपील की है

सरकारी कामकाज में पारदर्शिता सुगमता और समयबद्वता लाने के लिये यह व्यवस्था लागू की जा रही है मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने उच्चाधिकारियों से चर्चा के दौरान ये निर्देश दिये उन्होंने कहा कि इससे काम काज को भी गति मिलेगी उन्होंने सभी अधिकारियों से राज काज ई ऑफिस ई फाईल की प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू करने के सबंध में प्रारंभिक तैयारी करने के निर्देश भी दिए

सर्द हवाओं ने गलन बढ़ा दी है वहीं श्रीगंगानगर झालावाड़ और बीकानेर सहित कई स्थानों सुबह देर तक कोहरा छाया रहा सीकर पिलानी और चूरू में शीतलहर का प्रकोप रहा इस मौसम में सिरोही जिले के माउण्ट आबू में पहली बार आज पारा आज जमाव बिंदू से नीचे पहुंच गया